मुख्यमंत्री एनएमडीसी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट का मुख्यालय हैदराबाद के बजाय नगरनार में ही स्थापित किया जाएगा इसी तरह संयंत्र के ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती की परीक्षा अब दंतेवाड़ा में ली जाएगी गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में यह सुझाव एनएमडीसी के चेयरमैन सह प्रबंध संचालक एन बैजेन्द्र कुमार के समक्ष रखा जिसे बैजेंद्र कुमार ने तत्काल स्वीकार कर लिया प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद से लड़ने के उपायों पर विचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के लिए कहा है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मानवतावादी सभी शक्तियों को निहित स्वार्थ छोड़कर आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों को आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद को आर्थिक और अन्य सहयोग देने वाले देशों को आतंकी गतिविधियों का जिम्मेदार और जवाबदेही माना जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य देखभाल टेली मेडिशन क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता शंघाई सहयोग संगठन के अन्य देशों के साथ साझा करने पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को एक दूसरे से मिलने के साथ ही सदस्य देशों का आपस में संपर्क रखना भी महत्वपूर्ण है कैबिनेट सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भारत सरकार के कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्य सचिवों और अपर मुख्य सचिवों से मानसून की स्थिति का जायजा लिया उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किए जा रहे कार्यो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पेयजल सिंचाई सूखा और बांधों में पानी की स्थिति की भी जानकारी ली उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण और संवर्धन के लिए देश के दो लाख तीस हजार सरपंचों को पत्र लिखा गया है जिसमें उन्हें जल संरक्षण को लेकर बाईस जून को विशेष ग्रामसभा आयोजित करने को कहा गया है भाजपा सदस्यता भारतीय जनता पार्टी अपना सदस्यता अभियान छह जुलाई से पूरे देशभर में चलाएगी भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस समय पार्टी के ग्यारह करोड़ सदस्य हैं और पार्टी का लक्ष्य सदस्यों की संख्या में बीस प्रतिशत बढ़ोतरी करना है उन्होंने कहा कि इसमें समाज के सभी वर्गो के लोगों को सदस्य बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा गौरतलब है कि भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान को सदस्यता अभियान का संयोजक बनाया है

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि वनवासियों को वनोपज के अच्छे दाम मिले राज्य लघ् वनोपज सहकारी संघ के प्रबंध संचालक राकेश चतुर्वेदी ने जिला यूनियनों द्वारा चिरौंजी गुठली की खरीदी के लिए आवश्यक राशि प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं हरियर छत्तीसगढ़ कबीरधाम जिले में हरियर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत मुनगा के बयानवे हजार पौधे लगाए जाएंगे कार्यक्रम के तहत पूरे जिले में इस मानसून में सवा चार लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिले के प्रभारी और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं अधिकारियों ने बताया कि जिले में सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों स्कूल आश्रम छात्रावास स्वास्थ्य केन्द्रों के आसपास खाली भूखंडों में मुनगा के पौधे लगाए जाएंगे किसानों को ये पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे गौरतलब है कि जिले में नरवा गरूवा घुरवा और बाड़ी योजना के तहत पौधा रोपण को जोड़ा गया है सहकारिता चुनाव प्रदेश में सहकारिता चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह ही कराए जाएंगे राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के आयुक्त गणेश शंकर मिश्रा ने सभी समन्वयकों अपर संभागीय संयुक्त और जिला उप सहायक पंजीयकों की राज्य स्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी रायपुर में हुई इस बैठक में श्री मिश्रा ने बताया कि सहकारिता चुनाव में कम वोट पाने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी

यह मुठभेड़ मुरनार के जंगलों में हुई मारे गए माओवादियों में से एक पर पांच लाख रूपये और दूसरे पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित था पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने इस कामयाबी के लिए कांकेर जाकर डीआरजी के जवानों को बधाई दी और उन्हें नगद पुरस्कार भी दिया श्री अवस्थी ने पत्रकारों को बताया कि घटनास्थल से दो एसएलआर एक थ्री नॉट थ्री और एक बन्दूक बरामद की गई है उन्होंने दावा किया है कि इस मुठभेड़ में चार माओवादी मारे गए हैं और कुछ घायल भी हुए हैं राजद्रोह मामला मुख्यमंत्री निर्देश राजनांदगांव जिले में वायरल एक वीडियो के मामले में एक व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने का प्रकरण जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संज्ञान में आया उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल केस वापस लेने के निर्देश दिए हैं उन्होंने संबंधित पक्षों से भविष्य में इस तरह की घटना न हो इसका विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों का अधिकार है और वे इसके प्रबल पक्षधर हैं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों से भी अपील की है वो अभिव्यक्ति के दौरान संयम बरते गौरतलब है कि सोशल मीडिया के जरिये राज्य सरकार और विद्युत मंडल पर कथित आरोप लगाने वाले राजनांदगांव जिले के मुसरा के एक व्यक्ति को राजद्रोह के आरोप में कल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था उनके खिलाफ जांच के बाद राजद्रोह की धारा हटा दी गई है रक्तदान दिवस आज विश्व रक्तदान दिवस है यह दिवस सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों के प्रति जागरूकता पैदा करने और रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष का विषय है रक्त दान और सबके लिए सुरक्षित रक्त संचरण इस वर्ष का नारा है सबके लिए सुरक्षित रक्त इस मौके पर प्रदेश में भी जगह जगह रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया जहां लोगों ने बढ चढकर भाग लिया और रक्तदान किया इस बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पर राज्य के नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की है कृषि विश्वविद्यालय नई किस्म रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विभिन्न फसलों की अट्ठारह नई किस्में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अनुमोदित कर दी गई हैं कृषि सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राज्य बीज उप समिति की बैठक में इन किस्मों का अनुमोदन किया गया इनमें धान गेहूं कुटकी चना मसूर अरहर कुसुम आम सेम हल्दी और लेमन ग्रास की किस्में शामिल हैं विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान डॉक्टर आरके बाजपेयी ने बताया कि ये किस्में छत्तीसगढ़ में उत्पादन के लिए उपयुक्त पाई गई हैं

यह परीक्षा छब्बीस मई को ली गई थी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से विभिन्न कृषि महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर और शोध पाठ्यक्रमों की लगभग पांच सौ सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा संक्षिप्त समाचार कोलकाता में डॉक्टरों से मारपीट किए जाने के विरोध में आज रायपुर के सरकारी और निजी डॉक्टर हड़ताल पर रहे और उन्होंने जगह जगह धरना प्रदर्शन किया कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा मार्ग पर आज दो वाहनों की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों

धमतरी जिले के पाहंदा गांव के जंगल में दो हिरण और कोटरी की मौत होने का मामला सामने आया

वन विभाग ने जहरीला पानी पीने की वजह से इनकी मौत होने की आशंका जताई है बल्गारिया में आयोजित चौथे वर्ल्ड योगा एलियांज में भारतीय टीम में दूर्ग जिले के तीन युवाओं दामिनी धीरेंद्र वर्मा और ढालेंद्र साहू का चयन किया गया है यह प्रतियोगिता अट्ठाईस से तीस जून तक बल्गारिया की राजधानी सोफिया में आयोजित की गई है जशपुर जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों में आज से ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गए हैं